अस्थाई अध्यक्ष डॉ वीरेन्द्र कुमार ने नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई सबसे पहले प्रधानमंत्री तथा सदन के नेता नरेन्द्र मोदी ने शपथ ग्रहण की प्रधानमंत्री के अलावा उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की इनमें राजनाथ सिंह अमित शाह नितिन गडकरी डी वी सदानन्द गौड़ा हरसिमरत कौर बादल रविशंकर प्रसाद संतोष गंगवार और स्मृति ईरानी शामिल हैं डॉ हर्षवर्धन श्रीपद नायक तथा अश्विनी चौबे ने संस्कृत में शपथ ली मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के साढे चौदह करोड किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि योजना में अब एक हेक्टेयर से कम भूमि की शर्त हटा दी गई है रामलाल मारकंडा ने अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों का पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए ताकि लाहौल स्पीति इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन सके कृषि मंत्री ने आयुष्मान भारत और हिम केयर स्वास्थ्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड बनवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए मारकंडा ने क्षेत्र में कम कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने का आहवान भी किया इस बीच आज उन्होंने तिंदी पंचायत का दौरा कर लोकसभा चुनाव में मिले भारी जनसमर्थन के लिए लोगों का आभार जताया रामलाल मारकंडा ने लोगों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने और कृषि के मशीनीकरण के लिए कृषि विभाग द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह भी किया डॉक्टर हड़ताल भारतीय चिकित्सा संघ ने चिकित्सकों से हिंसा के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के समर्थन में ओपीडी को बंद रखा हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं इधर संघ की कुल्लू जिला इकाई ने मंडी के जंजैहली में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है और राज्य सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की सुनवाई इस बीच उच्चतम न्यायालय देशभर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर कल सुनवाई करेगा न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने आज इस पर सहमति व्यक्त की कौशल विकास कौशल विकास निगम के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेम वर्क आधारित प्रशिक्षण के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में रोजगार मिलना शुरू हो गया है

गौरतलब है कि निगम ने युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालयों में ऐड ऑन पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं जिसके तहत लगभग पांच सौ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता व सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि मेले व त्यौहारों में प्रदेश की समृद्ध प्राचीन संस्कृति झलकती है सोलन के देऊंघाट में कल ऐतिहासिक बाबा बालक नाथ मेले में उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आज भी आपसी मेल मिलाप और भाईचारे की भावना से धार्मिक उत्सव मनाते हैं भर्ती सोलन के पुलिस मैदान में वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है

मौसम राज्य के अधिकांश भागों में आज दोपहर बाद से वर्षा हो रही है जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है कांगड़ा और चम्बा जिले के अधिकतर स्थानों में तेज हवाओं के साथ जोरदार वर्षा हई इधर राजधानी शिमला सहित इसके आसपास के इलाकों में गरज के साथ वर्षा हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है वहीं राज्य के निचले जिलों में भी हल्की वर्षा होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ निजात मिली है